श्री खांडू ने कहा कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में जिला उपायुक्तों की सक्रिय भूमिका के बिना निर्धारित लक्ष्य को हासिल नही किया जा सकता केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं को विलंब से लागू करने वाले जिलों के उपायुक्तों से मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सप्ताह कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करने और उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने को कहा समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना मुख्यमंत्री कृषि मशीनीकरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री समस्त शिक्षा योजना मनरेगा मिशन इंद्रधनुष सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई राजकीय कर्मचारियों के संगठन कोसाप ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने साथ बैठक के बाद आगामी उन्नीस नवंबर से प्रस्तावित असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है मुख्यमंत्री ने पिछले महीने आंदोलनरत कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश को वापस लेने और संगठन की उचित मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि विज्ञान टेक्नोलॉजी और नवाचार का फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए प्रधानमंत्री की विज्ञान टेक्नोलॉजी सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का फायदा लोगो की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान और देशवासियों के जीवन को आसान बनाने में किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने परिषद के सदस्यों से यह भी आग्रह किया कि वे शिक्षा संस्थाओं अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं उद्योगों और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मजबूत संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य करें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के ज्ञान के भंडारों को खोले जाने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने ऐसे उपयुक्त मंचों के विकास और ऐसी प्रणालियों की स्थापना पर भी जोर दिया जो स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा की पहचान और विकास कर सकें श्री मोदी ने विद्यार्थियों को जिला और क्षेत्र स्तर की अटल नवसुजन प्रयोगशालाओं से जोड़े जाने की भी जरुरत बताई प्रधानमंत्री ने अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत किसानों की आमदनी बढ़ाने पुरानी और आनुवंशिक बीमारियों के इलाज कूड़े करकट के प्रबंधन और साइबर सुरक्षा का जिक्र किया परिषद के सदस्यों ने श्री मोदी को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदमों की जानकारी दी बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन परिषद के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार का आज शाम बंगलुरु में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया श्री अनंत कुमार के भाई नंद कुमार ने वैदिक मंत्रों के पाठ के बीच चिता को मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार किया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत अनेक नेताओं ने दिवंगत नेता को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की उनका कल बंगलुरु में बीमारी के बाद देहांत हो गया था इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को बंगलुरु में वासवनागुड़ी के नेशनल कॉलेज मैदान में जनता के अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात वासवनागुड़ी में दिवंगत नेता के घर जाकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बाल दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य के लोगों विशेषकर बच्चों को शुभकामनाएं दी है

उन्होंने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य है और उनका नैतिक एवं शैक्षणिक विकास राष्ट्र की प्रगति को निर्धारित करता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बच्चो की कल्याण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया है उन्होंने कहा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सफल भविष्य के लिए सुरक्षित माहौल मुहैय्या कराना हमारा मुख्य कर्तव्य है सियांग जिला उपायुक्त राजीव ताकूक की अध्यक्षता में आज पागिन में जिला क्रषि विकास समिति की बैठक हुई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

आज का अधिकतम तापमान एकतीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सोलह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया